श्री गौर का आज सुबह निधन हो गया था

उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी

उन्होंने उमाभारती के बाद मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी श्री गौर को राज्य में भारतीय जनता पार्टी को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है श्री गौर के निधन पर राज्य में तीन दिन का राजकीय शोक और आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री गौर के निधन पर गहरा दःख व्यक्त करते हुए कहा कि बाबूलाल गौर ने दशकों तक लोगों की सेवा की जनसंघ के दिनों से वे लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिये काम करते रहे एक मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य में बदलाव के लिये अनेक प्रयास किये राज्यपाल लालजी टंडन ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है उन्होंने कहा कि श्री गौर के निधन का समाचार दुःखद है ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उनके अंतिम दर्शन करने उनके निवास पहुंचे थे उन्होंने कहा कि उनके जैसा नेता कोई नहीं हो सकता वे लोगों की समस्याओं का बेहद गम्भीरता से समाधान करते थे मैरे उनसे निजी संबंध थे

बहत जिन्दादिल व्यक्ति थे मैने कई साल उनके साथ काम किया स्पष्ट वक्ता थे

वे मैरे गुरू थे ये मैरे लिये व्यक्तिगत क्षति है

वे परिश्रमी और पराकमी थे सहज सरल सुलभ व्यक्तित्व के धनी थे सबका सम्मान करते थे

इसमें वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया बाबूलाल गौर के योगदान दृष्टिकोण और उनसे हुड़ी स्मृतियां साझा करेंगे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जाम्बिया के राष्ट्रपति एडगर्ग छागवा लुंगू की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच लम्बे समय से चले आ रहे संबंध और मजबूत होंगे नई दिल्ली में उनके साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश स्वास्थ्य देखभाल पर्यटन खाद्य प्रसंस्करण खनन और कृषि के क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाएगे श्री मोदी ने कहा कि जाम्बिया के राष्ट्रपति की यह यात्रा भारत के सहयोग को जाम्बिया के साथ और मजबूत करेगी इस दौरान जाम्बिया के राष्ट्रपति लुंगू ने कहा कि भारत की और कंपनियां जाम्बिया में निवेश करेगी उन्होंने भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने की जाम्बिया सरकार की प्रतिबद्वता दोहराई

साथ ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये योग्य और संभावना युक्त शिक्षक तैयार करना है आज भोपाल में तीन दिवसीय कार्यशाला दीक्षारम्भ के उद्घाटन समारोह में उन्होंने यह बात कही उन्होंने कहा कि समर्पित और अच्छे विद्यार्थी बनने का माहौल उपलब्ध कराना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिये उद्घाटन कार्यक्रम में दो सौ से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता इन दिनों देश में सबसे बड़ी चुनौति है और यूजीसी इस दिशा में सुधार के लिये लगातार प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि हमारे देश में शिक्षा विद्यार्थियों को अपनी जड़ो से जोड़ने की बजाय दूर करती है अब यूजीसी सोशल कनेक्ट जैसे उपायों के माध्यम से यह प्रयास कर रही है कि विद्यार्थी और शिक्षक गांव और अपनी पृष्ठभूमि के करीब आए इसके लिये पांच गांव गोद लेने जैसी कई शुरूआत की गई है उन्होंने यूजीसी द्वारा शिक्षा में सुधार के लिये किये जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी सफाई अभियान महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष पर मुरैना शहर को स्वच्छ बनाने के लिये मैं हूं कबाड़ी नाम का सफाई अभियान शुरू होने जा रहा है

इस दौरान पॉलीथिन से होने वाली हानियों तथा कपड़े और कागज की थैलियां उपयोग करने के लिये जागरूक किया जाएगा इसके तहत मुरैना शहर में अनियंत्रित ई रिक्शा और ठेले वालों को व्यवस्थित करने की योजना बनाई जा रही है चम्बल संभाग आयुक्त रेनू तिवारी ने शहर के लोगों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है ईएसआई अस्पताल केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि सरकार देश के हर जिले में ई एस आई अस्पताल बनाने की योजना बना रही है उन्होंने कहा कि वर्तमान में देशभर में साढ़े चार सौ ई एस आई अस्पताल हैं और बाकि जिलों में भी ऐसे अस्पताल शीघ्र ही खोले जाने की योजना है आज हैदराबाद में एक नये ओपीडी भवन की आधारशिला और ई एस आई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का अवलोकन करते हुए उन्होंने यह बात कही हॉकी भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने टोकियो में ओलंपिक टेस्ट टूर्नामेंट जीत लिया है

कप्तान हरमनप्रीत सिंह शमशेर सिंह नीलकांत शर्मा गुरूसाहिबजीत सिंह और मनदीप सिंह ने एक एक गोल किया शुरूआत में दोनों टीमों ने संभलकर खेलना शुरू किया

भारतीय टीम ने गेंद पर नियंत्रण जारी रखकर पहले क्वार्टर में एक शून्य की बढ़त कायम रखी भारतीय डिफेंडरों दमदार प्रदर्शन कर न्यूजीलैंड को पूरे मैच में कोई मौका नहीं दिया वहीं महिला टीम ने भी फाइनल में जगह बना ली है महिला टीम ने अंतिम राउण्ड रोबिन मुकाबले में चीन को हराया भारतीय महिला टीम अंक तालिका में सबसे उपर है आज उसका मुकाबला मेजबान जापान से होगा

तबादलों में अधिकारी और कर्मचारी दोनों के नाम शामिल हैं उमरिया में एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गये